प्रधानमंत्री विश्व भारती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अन्संधान और नवाचार को मजबूती मिली है

श्री मोदी ने कहा कि ये कोई विचारधारा नहीं बल्कि नजरिये की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला हमें करना है कि हमें समस्या ौदा करने वालों का साथ देना है या समाधान तलाशने वालों के साथ खड़ा होना है

सड़क सरिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन ग करी ने इस अवसर र कहा कि गो इलैक्ट्रिक भारत का भविष्य है जो कम लागत वाले र्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा उन्होंने कहा कि भारत अगले ांच वर्ष में बिजली से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण के मामले में विश्व में सबसे आगे निकल जाएगा

समारोह की अध्यक्षता कुलाधि ति एवं राज्य ाल आनन्दीबेन टेल करेंगी

इसीप्रकार क्लाधि ति एवं राज्य ाल द्वारा भारतरत्न महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा जन आन्दोलन केंद्रीय चिकित्सा योजना के अ र निदेशक ॉ ग्लाब चंद्र ने लोगों से अ ील की है कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी हमें बहत सावधानी बरतनी है

भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों प्र केन्द्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है

मं ला जिले में ध्मधाम से नर्मदा महोत्सव मनाया जा रहा है देवास जिले में नेमावरधाराजी खातेगांव और शिप्रा में विभिन्न कार्यक्रम जारी है

इसका उद्देश्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढाना है इंदौर के एक कलाकार कैलाश चंद जैसवाल ने बताया है कि ये खिलौना सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास है